भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसदों की पहली बैठक आज संसद के केन्द्रीय कक्ष में होगी जिसमें नरेन्द्र मोदी को पार्टी का नेता चुना जाएगा एजेंसी के अनुसार नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्हें इसकी जानकारी देंगे इसके बाद राष्ट्रपति उन्हें शपथग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे

राष्ट्रपति ने श्री मोदी को नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने को कहा

लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है

नये सदन के गठन की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों द्वारा राष्ट्रतपति को नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपे जाने के बाद शुरू होगी

विदेश मंत्रालय ने कल बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी श्री मोदी को टेलीफोन पर बधाई दी

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नुपेंद्र मिश्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के लिए नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया प्रधानमंत्री ने पिछले पांच वर्षो के दौरान समूचे पी एम ओ के प्रयासों और समर्पण की सराहना की

यह पहली बार है कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार केन्द्र में दूसरे कार्यकाल के लिए सत्तारूढ़ होगी भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है

हालांकि यह संख्या लोकसभा में विरोधी दल के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या से कम है

भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा अरूणाचल प्रदेश और दिल्ली की सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है

राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि उनके कार्यों से जो चमक आई है वो करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला करती रहेगी

बैठक में इस बारे में भी चर्चा होगी कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कार्यसमिति के अन्य सदस्यों के भाग लेने की संभावना है

उन्होंने बताया कि जिला रसद अधिकारियों द्वारा बकाया कमीशन भुगतान की सूचना प्राप्त होते ही एक जून से पहले उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन का भुगतान किया जा सकेगा

प्राधिकरण की निदेशक अर्चना शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से चिन्हित किये गये पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों की मानसिकता उनके साथ व्यवहार और वार्तालाप बच्चों के संदर्भ में पुलिस की भूमिका और उतरदायित्व के साथ किशोर न्याय पर भी चर्चा होगी